उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा नरेन्द्र मोदी ने आज पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी एम स्वयनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन आयुष्मान उज्जवला पीएम स्वःनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं

राज्य मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडी सोलन और पालमपुर नगर परिषदों को स्तरोन्नत कर इन्हें नगर निगम का दर्जा देने का निर्णय लिया गया इन नगर निगमों में आस पास के क्षेत्र जोड़े जाएंगे

मंत्रिमंडल ने नेरचौक करसोग और ज्वाली शहरी स्थानीय निकायों के पुर्नगठन करने का निर्णय भी लिया एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने स्नातक स्तर के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया कोरोना महामारी को देखते हुए यूजीसी के दिशानिर्देशों के तहत ये फैसला लिया गया है बैठक में दो नवम्बर से नवीं से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लेने को भी मंजूरी दी गई जबकि कॉलेजों में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद ही नियमित कक्षाएं शुरू होंगी मंत्रिमंडल ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों सहित नवगठित नगर पंचायतों और नवगठित नगर निगमों में अगले वर्ष जनवरी में चुनाव करवाने का निर्णय भी लिया

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अनेक श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है

इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने जनहित से जुड़े अनेक निर्णय लिए गए

उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से लोगों को सांसद निधि से स्वीकृत और केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी विधायक राजीव बिंदल भी इस मौके पर मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जून तक घुमारवी क्षेत्र के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद पार्टी उपाध्यक्षों व महासचिवों को जिलों और ज़ोन के दायित्व सौंपे हैं उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है बिजली समस्या चंबा ज़िले की जनजातीय पांगी घाटी के अनेक स्थानों पर लोगों को इन दिनों बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है मिंदल फिंडरू शौर पुरूथी और साहली सहित अनेक पंचायतों के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से आग्रह किया है सेवा संस्था पांगी के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद बिजली की समस्या बरकरार है और इसे जल्द दूर किया जाना चाहिए

परियोजना को लेकर आज केलंग में उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें अगले वर्ष किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई

भेंट पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की

संजय कुंडू ने मंत्रिमंडल के सदस्यों सुरेश भारद्वाज सरवीण चौधरी और बिक्रम ठाकुर को भी पुलिस डे फ्लैग लगाया